इसे देश में ज़मीनी स्तर पर सत्ता के विकेन्द्रीकरण के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन माना जाता है इस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज देशभर की ग्राम पंचायतों को सम्बोधित करेंगे वे लॉकडाउन के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे इस अवसर पर प्रधानमंत्री एकी कृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एपलिकेशन की शुरूआत भी करेंगे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस एकीकृत पोर्टल से ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं तैयार व लागू करने में मदद मिलेगी इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की भी श्रूआत करेंगे मुख्यमंत्री कोरोना महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार त्रि स्तरीय रणनीति अपनाएगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और आयुर्वेद विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के नमूनों की जांच की क्षमता को बढ़ाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा सके

मुख्यमंत्री ने प्रदेश व बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसीके मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया और अधिकारियों से इस सम्बन्ध में प्रभावशाली योजना तैयार करने को कहा

स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल शाम जारी मीडिया बुलेटिन में बताया गया है कि चंबा के तीन हमीरपुर से दो कांगड़ा से एक सोलन से दो सिरमौर से एक और ऊना जिले से आठ संक्रमित मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं

उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा कि संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों को कंपलायस ऑफिसर बनाया गया है

उपायुक्त ने बताया कि लोग व्हाट्सऐप के माध्यम से कार्यों की स्वीकृति व मांग के लिए ऑन लाईन आवेदन कर सकते हैं उधर ऊना जिला के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि आवश्यक सामान ढुलाई में लगे वाहनों को कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि जिले में फसल कटाई पर भी कोई रोक नहीं है ओर किसान जलग्रां स्थित एफसीआई के गोदाम में अपनी फसल बेच सकते हैं इधर सोलन जिला प्रशासन ने भी मनरेगा सहित अन्य छोटे छोटे कार्यों की अनुमति दे दी है जिससे लोगों को सुविधा हुई है अतिरिक्त उपायुक्त विवेक चंदेल ने बताया कि धर्मपुर विकास खंड की विभिन्न पंचायतों में मनरेगा के तहत विकास कार्य शुरू हो गए हैं इस दौरान लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिये गए हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण ने लिखा है कोटा में फंसे हिमाचली छात्रों को बड़ी राहत मुख्य सचिव अनिल खाची ने जारी किये आदेश

आपका फैसला ने लिखा है राजस्थान के कोटा में फंसे हिमाचल के विद्यार्थियों की होगी घर वापसी दिव्य हिमाचल के मुताबिक दूसरे जिलों में फंसे लोगों को घर जाने की छूट

दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है सड़कों की समय समय पर मुरम्मत जरूरी

अमर उजाला की एक खबर है सूबे के कर्मियों की बेसिक नहीं एक दिन की कटेगी ग्रॉस सैलरी पुलिस महानिदेशक एस आर मरडी के हवाले से आपका फैसला ने लिखा है ग्रीन जोन के लोग खुद को सेफ न समझें